वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पधानमंत्री क आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के बारे में आज चौथे दिन पैकेज के माध्यम से जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आर्थिक सूधारों पर काफी जोर दे रहे हैं उनके दिशा निर्देशन में कारोबार सुगमता के लिए कई कदम उठाये गये हैं वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए निवेश बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार पर जोर देते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में नीतियों को सरलीकरण करने की जरूरत है वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक मंत्रालय में परियोजना विकास इकाई परियोजना पर काम करेगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा

उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पचास कोयला ब्लाक की तत्काल नीलामी होगी

वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इण्डिया पर बल देना जरूरी है

रक्षा उत्पादन में एफडीआई सीमा उन्चास प्रतिशत से बढ़ाकर चाहत्तर प्रतिशत किया जायेगा

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में हवाई यात्रा की सेवाओं को सुगम सस्ती और इको फेन्डली बनाने के साथ ही ईधन की बचत के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं इसके तहत अथारिटी ऑफ इण्डिया के साथ अनुबन्ध किया गया है कि पीपीपी मॉडल से छः हवाई अड्डों को विकसित किया जायेगा उन्होंने बताया कि छः और हवाई अडडों की तीसरे दौर में नीलामी होगी

वित्तमंत्री ने कहा कि केन्द्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण होगा

वित्तमंत्रो ने कहा कि सामाजिक बूनियादी ढाँचे में भी निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा

निर्मला सीतारमण ने बताया कि अन्तरिक्ष क्षेत्र में भी निजी कम्पनियों को मौका दिया जायेगा अब निजी क्षेत्र इसरो की सुविधा का उपयाग कर सकेंगे ग्रहों की खोज बाहय अन्तरिक्ष यात्रा निजी क्षेत्र के लिए खूलेगा उन्होंने बताया कि रिमोटसेसिंग डाटा के लिए उदार नीति बनायी जायेगी मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी के जरिये उत्पादन होगा किसानों को तकनीकी सम्पन्न बनाने और भण्डारण क्षमता को बढ़ाने पर भी बल दिया गया है उन्होंने बताया कि खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण तकनीकी पीपीपी के जरिये बनायी जायेगी

उन्होंने कल इस सम्बन्ध में अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

मूख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को तैयार करते समय प्रदेश में रोजगार सूजन आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन पर विशेष फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जाए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने औरैया में हुई इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति कोविंद ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन पीडितों की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ट्वीट संदेश में कहा कि घटना बहुत दुखद है और सरकार राहत कार्य में लगी हुई है उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया जनपद में हुई सड़क द्र्घटना में प्रवासी कामगारों श्रमिकों की मृत्यू पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को दो लाख रूपये और गम्भीर रूप से घायलों को पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की उन्हाने अधिकारियों को पीड़ितों को हर सम्भव राहत पदान करने तथा सभी घायलों का समुचित उपचार कराने का निर्देश दिये हैं इस दुर्घटना के लिए सीमा के दोनों थानाध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तत्काल निलम्बित करने के आदेश दिये गये हैं साथ ही थाना क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्राधिकारियों को कठोर चेतावनी दी गयी है

सभी मजदूर फरीदाबाद से गोरखपूर जा रहे थे यह दूर्घटना लगभग साढे तीन बजे सदर कोतवाली क्षेत्र में मिहोली गांव के निकट हुई

यह ट्रक एक ढाबे के बाहर खड़ा था और पीछे से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया इस दुर्घटना में मारे गए लोग बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे और जानकारी हमारे संवाददाता से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ट्रकों से सफर करने वाले प्रवासी मजदूरों को उतारकर उनके भोजन की व्यवस्था करने के बाद उनके घर जाने का इंतजाम करें

इसके साथ ही इस काम के लिए समुचित धनराशि भी उन्हें मुहैया कराई जा चुकी है इस बीच औरैया पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ट्रकों के मालिकों और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रकों को सील कर दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों श्रमिकों से अपील की है कि वे स्वयं तथा अपने परिवार को जोखिम में डालकर अवैध या असुरक्षित वाहन से घर वापसी के लिए यात्रा न करें प्रदेश सरकार सभी की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करा रही है उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन से प्रदेश में निःशुल्क ला रही है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि राज्य के सीमा क्षेत्रों में कोई भी प्रवासी कामगार श्रमिक पैदल अथवा बाइक या ट्रक आदि से अवैध तथा अस्रक्षित वाहनों से न आने पायें

श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्रो ने कहा है कि पुलिस पैदल चलने वालों को जागरूक करते हुए उन्हें रोके उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने का काम युद्ध स्तर पर चला रही है लॉकडाउन की अवधि शुरू होने से अब तक लगभग चार लाख मजदूरों को महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार दिलाया जा चुका है ग्रामीण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी के साथ खास बातचीत में कहा कि सरकार आजीविका मिशन के तहत स्वयं सेवी समूहों को राशन की दुकानों से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है